इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किये गये जहां दृष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प से काम कर रही है दिव्यांगजनों के जीवन को समझना उनकी दिक्कतों को समझना उनके कोन्फीडेंस लेवल को बढ़ाना ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं अभी भारत सरकार की जो वेबसाइट करीब सौ वेबसाइट ऐसी है कि जो हमारे दिव्यांगजन विशेष करके हमारे प्रज्ञावक्ष् आराम से उस वेबसाइट को देख सकते है समझ सकते है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रृंखला के इन सिक्कों में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे दृष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहूलियत होगी जन औषधि दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो काफ्रेंस के जरिये पांच हजार से ज्यादा लाभार्थियों और संचालकों से संवाद किया उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत पन्द्रह एम्स में से कृछ का निर्माण हो चुका है और कृछ निर्माणाधीन हैं

स्वस्थ भारत समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और बहुत कुछ करना है इस योजना के एक लाभार्थी बीकानेर के करणी सिंह राठौड़ ने श्री मोदी को बताया कि पहले उन्हें दवाओं पर दस हजार रूपये प्रति माह खर्च करने पड़ते थे लेकिन इस योजना के आने से उनका खर्च कम हो गया है और उनके बेटे का समुचित इलाज हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समग्र सुधार लाने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास समस्या को टालने की बजाय उसका समाधान करना है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत आठ सौ से अधिक दवाओं और ऑपरेशन में काम आने वाले एक सौ चौवन उपकरणों के दाम नियंत्रित किये गये हैं उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां पचास से नबे प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों के लिए दो हजार सात सौ नब्बे करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है इससे चीनी मिलों की चल निधि में सुधार होगा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की आपूर्ति से उनका राजस्व बढ़ेगा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इससे किसानों को गन्ने की कीमतें समय पर तय करने में मदद मिलेगी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुलंदशहर में एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट के खुर्जा सुपर ताप बिजली संयंत्र को मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान अध्यादेश दो हजार उन्नीस को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस फैसले से रिक्षक संवर्ग में पांच हजार से अधिक नियुक्तियां सीधी भर्ती से की जा सकेंगी इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार की आशा है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और भूतल एवं जल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज लखनऊ में एक लाख दस हजार करोड़ रूपये के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा पिछले सालों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण की गति दोगुनी हो गयी है केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुकरैल नाले पर पुल सिक्स लेन रोड आउटर रिंग रोड के अलावा शहर के रेलवे स्टेशनों पर सुधार कार्यो का लोकार्पण किया इसके साथ ही नमामि गंगे परियोजना के तहत कई नदियों को स्वच्छ करने के लिए परियोजनाओं का लोकार्पण किया इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे